रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हनर हाट का किया उद्घाटन वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए झारखण्ड के हनी हंटर का भी किया जिक्र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

राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने कहा है कि भारत के संविधान में सामाजिक न्याय स्वतंत्रता समानता और भाईचारे जैसे मूल्य गुरु रविदास के जीवन दर्शन के अनुरूप हैं

राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु रविदास ने अपनी करुणा और प्रेम के दायरे से किसी भी व्यक्ति या वर्ग को बाहर नहीं रखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में हनर हाट का उदघाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हनर हाट वोकल फॉर लोकल पर जोर देती है जो आत्मनिर्भर भारत का आधार है श्री सिंह ने कहा कि हनर हाट न केवल पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को समान मंच उपलब्ध कराती है बल्कि देश की समुद्ध संस्कृति और परंपरा को भी दर्शाती है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड् ने आज कहा कि भारत की भाषायी विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है अंतर्राष्ट्रीय मात भाषा दिवस के अवसर पर आज शिक्षा और समाज को समावेशी बनाने के लिए बहभाषिकता के बार्र में वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री नायडु ने मातुभाषा के उपयोग के आवश्यकता पर जोर दिया उपराष्ट्रपति ने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा मातू भाषा में देने पर जोर दिया श्री नायडु ने कहा कि मातू भाषा का उपयोग शासन व्यवस्था में भी किया जाना चाहिए राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

राज्य में अब कुल सकिय मरीजों की संख्या चार सौ सडसठ रह गई है अब तक एक लाख संत्रह हजार नौ सौ सतहत्तर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना संकमितों के स्वस्थ होने की दर अंठानब्बे दशमलव सात शून्य प्रतिशत है राज्य में चल रहे टीकाकरण के तहत कल दस हजार आठ सौ चौतीस स्वास्थ्य कार्यकर्तोओं को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया रांची जिले के तमाड़ विधानसभा क्षेत्र स्थित सलगाडीह में आज खूंटी लोकसभा के तीन विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया सभा में पूर्व सांसद तथा पदमभूषण कड़िया मुंडा ने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दूरी बनी थी लेकिन इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने से पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने जुलने का अवसर मिलता है पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को तानाशाह बताते हुए सरकार पर निशाना साधा जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी देश की व्यवस्था को मजबूत बनाने में अहम होती है सम्मेलन में खूंटी लोकसभा क्षेत्र के तमाड़ खूंटी और खरसांवा विधानसभा के कार्यकर्ता उपस्थित थे इस दौरान पूर्व गृह सचिव और भाजपा नेता जेबी तुबिद भाजपा के खूंटी प्रभारी सत्यनारायण सिंह रांची जिला प्रभारी विनोद सिंह रांची जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महतो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंत्री जगरनाथ मुंडा समेत भाजपा के कई पदाधिकारियों ने भोग लिया राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि सरकार अगर ओबीसी समुदाय का आरक्षण यथाशीघ्र नहीं बढ़ाती है तो मोर्चा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी

राज्य के स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रतिबद्ध है

इस कार्यक्रम में लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाए प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा निःशुल्क खिलाई जाएंगी स्वास्थ्य मंत्री आज साहिबगंज बोकारो धनबाद और रामगढ़ जिले में चलाये जाने वाले मास इग एडमिनिस्ट्रेशन एमडीए कार्यक्रम का वर्चअल शुभारम्भ कर रहे थे मंत्री ने लोगों से फाइलेरिया रोधी दवाएं प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही सेवन करने की अपील की उन्होंने कहा कि इस बात पर विशेष ध्यान रखा जाये कि कोई भी व्यक्ति खाली पेट दवा बिलकुल न खाएं उन्होंने कहा कि एमडीए कार्यक्रम में दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे गर्भवती महिला और ैअति गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को छोड़कर सभी लोगों को उम्र के अनुसार फाइलेरिया रोधी दवाओं की खुराक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वार खिलाई जाएगी स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रवि शंकर शुक्ला को निदेशित किया कि चारों जिले के उपायुक्तों के साथ समन्वय बनाकर एमडीए कार्यक्रम की गहने समीक्षा करते रहें गुमला में आज झालसा रांची एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार गुमला के निर्देष पर वर्चुअल जेल अदालत का आयोजन किया गया इस दौरान न्यायिक पदाधिकारियों ने जेल में बंद कैदियो को विभिन्न मुकददमों को निष्पादित करने के बारे में जानकारी प्रदान की न्यायिक पदाधिकारियों ने बताया कि जेल में फ्री लीगल एड क्लीनिक की व्यवस्था की गई है इसका संचालन पारा लीगल वॉलिंटियर के द्वारा किया जा रहा है इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार ग्मला की ओर से नियुक्त पैनल अधिवक्ताओं द्वारा कैदियों को कानूनी परामर्ष प्रदान किया जा रहा है इसका लाभ सभी कैदियों को लेना चाहिए धनबाद के झरिया रिथत अग्निप्रभावित और भूधंसान क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए प्रयास शुरू कर दिये गये हैं

अतुल्य भारत गंगा अभियान के तहत डीएवी पब्लिक स्कूल पाकड़ के परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया दल का नेतृत्व कर रहे हिरणभाई पटेल और गोपाल शर्मा ने विद्यालय परिसर में पौधरोपण किया और शिक्षकों तथा एनसीसी कैडेटों को अभियान के बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि सरकारों के समन्वय के अभाव के कारण ही आज गंगा नदी गंदी हो गयी है जिसका खामियाजा देष के लोगों को भुगतना पड़ रहा है

अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के षडयंत्र में जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह अब दुमका जेल में रहेंगे जेल आईजी के निर्देश पर धनबाद जेल प्रशासन ने संजीव को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में दुमका जेल भेज दिया संजीव बीते तीन वर्षो से जेल में बंद हैं

वहीं शहर के जतराहीबाग इलाके से एक गौ तस्कर को भी गिरफ़तार किया गया उन्होंने बताया कि जिले में अफीम और गौ तस्करों के विरुद्व पुलिस का अभियान अभी जारी रहेगा झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से प्राइवेट स्कूलों में पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई चतरा के ऊंटा मोड़ स्थित बीएमपी स्कूल परिसर में एसोसिएशन की ओर से पौधरोपण किया गया मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कमार सिंह ने कहा कि हमारे जीवन के लिए पर्यावरण का संतुलित होना जरूरी है और यह पौधा लगाकर ही संभव है

ईशान किशन सूर्य कमार यादव और राहल तेवतिया को पहली बार टीम में शामिल किया गया है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पत ऑल राउंडर अक्षर पटेल और तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को टीम में वापस लिया गया है वरूण चक्रवर्ती जिन्हें चोटिल होने के कारण आस्ट्रेलिया मैचों की श्रृंखला में नहीं लिया गया था को अब टीम में शामिल कर लिया गया है

क्लदीप यादव संजू सैमसन और मनीष पांडेय को इस बार शामिल नहीं किया गया है जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है मोहम्मद शमी और रविन्द्र जड़ेजा को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि ये दोनों आस्ट्रेलिया दौरे में चोटिल होने के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं